मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नई सिंचाई परियोजनाओं में बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू करने के दिए निर्देश

दोनों विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्व है और उसने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनने केलिए सुधार के अनेक उपाय किए हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग कि रिंपोर्ट के अनुसार कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना बढ़ोतरी की कुछ सदस्यों की आशंकाओं का निराकरण करते हुए श्री तोमर ने स्पष्ट किया कि इन विधेयकों से कृषि उपज बाजार समिति एएमपीसी अधिनियम का प्रभाव किसी भी तरह कम नहीं होगा

आज सुबह राष्ट्रपति भवन से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को उनके वर्तमान विभाग के अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी सौंप दिया गया है

उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है रक्षामंत्री ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है जो किसी भी हाल में भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है

रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरी अवधि में भारतीय सेना के आचरण से पता चला कि अत्यधिक उकसावे की कार्रवाई का सामना करने में धैर्य के साथ देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते समय जवानों ने पूरे साहस का प्रदर्शन किया

यह पुल मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ेगा और भारत नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण इसका काफी महत्व है

उन्होंने कहा है कि सिंचाई और पीने के लिए पानी की सीमित उपलब्धता के चलते यह बहत आवश्यक है कि पानी की एक एक ब्रंद का समुचित उपयोग हो श्री गहलोत कल जयपुर में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने विभाग को पंजाब सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार जल प्राप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए

डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे वैक्सीन उपलब्ध होने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें

तीन लुटेरों ने पिस्तौल और चाकू की नोक पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया वारदात के समय शाखा में सिर्फ दो ही कर्मचारी थे लुटेरे पैदल आए थे और कार्यवाहक मैनेजर की कार लेकर फरार हुए

इस हमले में बॉर्डर होमगार्ड की मृत्यु हो गई यह हमला खनिज विभाग की टीम पर उस समय हुआ जब टीम मंडावर के समीप अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर रही थी

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई पर ये निर्देश दिए

राज्य में आज और कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है